उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों बार सदस्यों और लोगों के बीच बेहतर न्यायिक प्रणाली के लिए अदालतों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लगातार प्रयास किए जा रहे है ताकि लोगों को बेहतर न्याय प्रदान किया जा सके उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय जिला और उपमंडल स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत ढांचा विकसित कर रहा है इसके लिए प्रदेश सरकार का भी सहयोग मिल रहा है न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने प्रदेश की न्यायिक प्रणाली को और उंचाईयों पर ले जाने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करने पर भी जोर दिया शांता कुमार पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा सांसद शांता कुमार ने कहा है कि ट्टेफूटे दल कभी भी भाजपा का विकल्प नहीं हो सकते मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए शांता कुमार ने कहा कि देश में विपक्ष महागठबंधन के नाम पर एक होने का प्रयास कर रहा है लेकिन वह कभी भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अच्छा काम कर रही है और भाजपा फिर से केन्द्र में सत्ता पर काबिज होगी शांता कुमार ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सलाह दी कि वह अपनी पार्टी को संगठित रखे ताकि प्रदेश को एक अच्छा विपक्ष मिल सके उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रहे घमासान से कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है

इनमें से पांच को गंभीर चोटे आई हैं जिनका हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है

जानकारी के अनुसार दुर्घटना के समय ये बस बच्चों को स्कृल लेकर जा रही थी और सलासी के पास एक मोड़ पर अचानक पलट गई दुर्घटना का कारण बस का स्टेयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए तथा घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया इस तरह बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी उनका कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल पहुंचे आग नाहन बस अड़डे पर बीती रात राज्य पथ परिवहन निगम की एक डिलक्स बस जल कर राख हो गई निगम की इस बस में उस वक्त आग लगी जब चालक ने इसे स्टार्ट करने का प्रयास किया इस बस को मणिकरण से हरिद्वार रूट पर जाना था गनिमत यह रही कि बस में आग लगने के समय इसमें सवारियों को नहीं बिठाया गया था इस घटना से आस पास खड़ी अन्य बसों को भी नुकसान हुआ है निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक राशिद शेख ने बताया कि बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है राकेश जम्वाल सुन्दरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक घरों में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है साथ ही लोगों को घर द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं राकेश जम्वाल आज सुन्दरनगर के मलोह में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर सांगरी से ज्वाला तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन व शिलान्यास किया राकेश जम्वाल ने नालनी में नवनिर्मित वर्षाशालिका महोल में स्तरोन्नत पशु औषधालय और उठाउ पेयजल योजना मलोह नालनी का लोकार्पण भी किया मौसम मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर करवट बदली है

जिले के रोहतांग और कुंजुम पास चंबा जिले के पांगी तथा भरमौर और कांगड़ा जिला की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं पर भी हिमपात हुआ है

इस बीच आज दिनभर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहे